महामारी से अब तक चार सौ लोगों की मृत्यु

प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं है पिछले चौबीस घंटों के दौरान कई नये इलाके बाढ़ की चपेट में आ गये हैं इसके कारण बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर इकहत्तर लाख से अधिक हो गयी है सोलह जिलों के एक सौ चौबीस प्रखंडों में बारह सौ पंचायत बाढ़ से प्रभावित हैं बाढ़ में फंसे पांच लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है समस्तीपुर और सारण जिले में फिर सुरक्षा बांध टूटने से कई नये इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है समस्तीपुर के मोरवा प्रखंड के चकपहाड़ इलाके में नून नदी का सुरक्षा बांध टूट जाने से कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गये हैं जिले के सात प्रखंडों में ढाई लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं इधर सारण जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की संख्या बढ़ती जा रही है लगभग सात लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं गड़खा प्रखंड के गलिमापुर सलेमपुर में बांध टूटने से चार पंचायतों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है गोपालगंज जिले में बाढ़ की तबाही रोकने के लिये पकहां और चिउटाहां में टूटे हुये रिंगबांध की मरम्मत का कार्य शुरू हो गया है बाढ़ से जिले के पांच प्रखंडों में लगभग चार लाख लोग प्रभावित हैं गोपालगंज में बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित बैकुंठपुर प्रखंड के पंचानवे गांवों का संपर्क लगातार पंद्रह दिनों से प्रखंड मुख्यालय से कटा हुआ है लोगों को नाव और मोटरबोट के जरिये खाने पीने दवाई और जरूरत की अन्य वस्तुएं पहुंचायी जा रही है इधर बाढ़ के कारण पश्चिम चंपारण जिले में केसरिया स्थित बौद्धस्तूप की चाहरदीवारी का एक हिस्सा ध्वस्त हो गया है बताया जाता है कि बौद्वस्तूप पूरी तरह सुरक्षित है मुजफ्फरपूर जिले में गंडक बागमती और बूढ़ी गंडक के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण चौदह प्रखंडों में चौदह लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुये हैं बाढ़ राहत कार्य में देरी और गड़बड़ी का आरोप लगाते हुये कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं बंदरा प्रखंड में कल राहत सामग्री वितरण के दौरान बाढ़ पीड़ितों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी के साथ धक्का मुक्की की बाद में पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया दरभंगा जिले में बाढ़ का प्रकोप सबसे अधिक है यहां उन्नीस लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में हैं दरभंगा शहर में भी कई इलाकों में भारी जलजमाव की स्थिति बनी हुई है

गंदगी और सड़े हये पानी के कारण इन क्षेत्रों में महामारी का खतरा मंडराने लगा है लोगों के घरों के अंदर बड़े पैमाने पर कीचड़ और मलवा जमा हो गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल पश्चिम चंपारण जिले में हवाई सर्वेक्षण कर बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया मुख्यमंत्री वाल्मीकिनगर स्थित गंडक बराज भी गये उन्होंने सभी अठारह फाटकों को बारी बारी से देखा और पानी के दबाव के चलते आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त तीन फाटकों को बदलने के निर्देश दिये श्री कुमार ने जिले के पिपरा पिपरासी तटबंध का निरीक्षण करने के बाद क्षतिग्रस्त स्थानों पर मरम्मत का कार्य जल्द से जल्द पूरा करने को कहा है इधर कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि राज्य के बाढ प्रभावित क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र को हुए नुकसान का आकलन कराया जा रहा है प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार साढे सात लाख हेक्टेयर क्षेत्र में लगी फसल नष्ट हुई है उन्होंने कहा कि किसानों को सर्वेक्षण प्रा होने के बाद फसल क्षतिपूर्ति दी जायेगी कृषि मंत्री ने कहा कि पशुओं की मृत्यु होने पर बाढ प्रभावित इलाकों में पशुपालकों को प्रति पशु तीस हजार रुपये की दर से मुआवजा दिया जा रहा है उन्होने कहा कि राज्य मुख्यालय स्तर पर एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है जिसके माध्यम से बाढ की स्थिति पर नजर रखी जा रही है प्रदेश मे गंगा सहित नौ नदियों का जलस्तर अब भी खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है गंगा नदी के जलस्तर में पटना मूंगेर और भागलपुर में बढ़ोतरी देखी जा रही है भागलपुर के कहलगांव में नदी का जलस्तर लाल निशान को पार कर गया है वहीं ब्रढ़ी गंडक प्रर्वी चंपारण जिले के लालबगिया घाट में खतरे के निशान के आसपास बह रही है समस्तीपुर के रोसड़ा में बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान से तीन मीटर ऊपर है जबकि खगड़िया में नदी लाल निशान से करीब दो मीटर ऊपर बह रही है बागमती नदी का जलस्तर दरभंगा के हायाघाट में खतरे के निशान से दो मीटर ऊपर और मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में एक मीटर ऊपर बना हुआ है कमला और बलान नदी का जलस्तर मधुबनी जिले के जयनगर और झंझारपुर में लाल निशान के ऊपर हैं मौसम विभाग ने अगले अड़तालीस घंटों के दौरान राज्य में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है कल से लेकर ग्यारह अगस्त तक राज्य के पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश की आशंका है विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी से आ रही हवा से प्रदेश में वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ रही है इसके अलावा तापमान में बढ़ोतरी के कारण मध्यम बारिश वाले बादल तेजी से बन रहे हैं बारिश के साथ इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज राष्ट्रीय स्वच्छता केन्द्र का उद्घाटन करेंगे यह स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अनुभव साझा करने का माध्यम होगा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि के रूप में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दस अप्रैल दो हजार सत्रह को गांधी जी के चम्पारण सत्याग्रह के शताब्दी समारोह के अवसर पर पहली बार राष्ट्रीय स्वच्छता केन्द्र की घोषणा की थी हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि इस केन्द्र से देश के स्वच्छता अभियान से संबंधित विशेष दृश्य श्रव्य कार्यक्रम का लाभ लिया जा सकेगा इसमें विश्व के इतिहास में सबसे बड़े व्यवहार परिवर्तन अभियान से संबंधित भारत की स्वच्छता यात्रा के बारे में बताया जाएगा बिहार पृथ्वी दिवस के अवसर पर कल गांव गांव में पौधा रोपन कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि राज्य में नौ अगस्त तक साढ़े तीन करोड़ से अधिक पौधों को लगाने का लक्ष्य है

राज्यपाल फागू चौहान द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गयी है इसके तहत एक सितंबर दो हजार पांच और उसके बाद नियुक्त हुये शिक्षकों तथा कर्मियों को पेंशन योजना का लाभ मिलेगा कर्मियों के मासिक मूल वेतन और मंहगाई भत्ते के योग की दस फीसदी राशि अंशदान के रूप में काटी जायेगी जबकि इतनी ही राशि नियोक्ता यानि विश्वविद्यालय द्वारा योगदान दी जायेगी प्रदेश में कोविड उन्नीस से संक्रमित लोगों की संख्या लगभग बहत्तर हजार हो गयी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस के रिकॉर्ड तीन हजार छह सौ छियालीस मामले सामने आये हैं एक दिन में पॉजिटिव मामलों की यह सबसे अधिक संख्या है इससे संक्रमितों की संख्या बढ़कर इकहत्तर हजार सात सौ चौरानवे हो गयी है सबसे अधिक पांच सौ छियासठ मामले पटना से सामने आये हैं कटिहार से दो सौ ग्यारह पूर्वी चंपारण से एक सौ अठासी नालंदा से एक सौ पैंसठ बांका से एक सौ अठाईस वैशाली से एक सौ पच्चीस भागलपुर से एक सौ चौबीस पश्चिम चंपारण से एक सौ अठारह रोहतास से एक सौ चौदह सीतामढ़ी से एक सौ तेरह मुजफ्फरपुर से एक सौ नौ पूर्णिया से एक सौ चार और समस्तीपुर से एक सौ पांच मामलों की पुष्टि हई है अन्य सभी जिलों से भी पॉजिटिव मामले सामने आये हैं स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि एक दिन में इकहत्तर हजार पांच सौ बीस नमूनों की जांच हुई है पिछले चौबीस घंटों में दो हजार चार सौ पैंतालीस मरीजों को उपचार के छ्ट्टी दी गयी स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर छियालीस हजार दो सौ पैंसठ हो गयी है स्वस्थ होने की दर चौंसठ दशमलव चार चार प्रतिशत है वहीं पिछले चौबीस घंटों में बारह मरीजों की मौत के साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढ़कर चार सौ हो गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कोविड उन्नीस के गंभीर रोगियों के इलाज के लिये प्लाज्मा दान करने की पहल को प्रोत्साहित करने की जरूरत है श्री कुमार ने कहा कि जो लोग प्लाज्मा के लिये रक्तदान करते हैं उनके लिये प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था की जानी चाहिये मुख्यमंत्री ने राज्य में कोविड उन्नीस की स्थिति की समीक्षा के दौरान ये बात कही श्री कुमार ने अधिकारियों से कहा कि एम्बुलेंस की पर्याप्त संख्या में व्यवस्था की जाये ताकि जरूरत पड़ने पर तत्काल रोगियों को कोविड केयर सेंटर पहुंचाया जा सके केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से किराने की दुकान में काम करने वालों तथा सब्जी और अन्य फेरी वालों की कोविड जांच कराने को कहा है राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को एक पत्र में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने इस बात पर जोर दिया है कि आक्सीजन की सुविधा से युक्त एम्बुलेंसों से परिवहन की सुविधा और तेजी से कार्रवाई करने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस उपलब्ध न हो पाने के मामलों में भी दैनिक आधार पर नजर रखी जानी चाहिए और ऐसे मामलों को शून्य के स्तर पर लाया जाना चाहिए वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर ए के वार्ष्णेय ने कहा है कि बिना लक्षण वाले लोगों से कोविड उन्नीस महामारी के संक्रमण का खतरा सबसे अधिक है ऐसे में मास्क और अन्य सुरक्षा उपाय हमेशा उपयोग में लाये जाने चाहिये

उन्नीस सौ बयालीस में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को देश से निकालने के लिए भारतीयों से करो या मरो का आह्वान किया था यह आंदोलन मुम्बई में ग्वालिया टैंक से आरम्भ हुआ था प्रतिवर्ष आज का दिन अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है राम नरेश पाण्डेय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के नये राज्य सचिव चुने गये हैं पूर्व राज्य सचिव सत्यनारायण सिंह के निधन के बाद यह पद रिक्त हो गया था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 हिन्दुस्तान ने कोझिकोड एयरपोर्ट पर विमान हादसे को बड़ी खबर बनाते हुये शीर्षक दिया है केरल में विमान हादसा सत्रह की मौत दैनिक भास्कर ने कोरोना संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री के आदेश को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अखबार का शीर्षक है जिलों में आबादी के हिसाब से बढ़ेगी आईसीयू बेड की संख्या दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री के नई शिक्षा नीति पर दिये बयान को सुर्खी बनाया है भेड़ चाल से मुक्त करेगी नई शिक्षा नीति प्रभात खबर ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में बढ़ते जांच पर लिखा है रिया चक्रवर्ती से इडी ने की साढ़े आठ घंटे तक पूछताछ दैनिक आज की सुर्खी है विश्वविद्यालयों में लागू हुई नई पेंशन योजना और अब अंत में मुख्य समाचार प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं

महामारी से अब तक चार सौ लोगों की मृत्यु